नई दिल्ली में कल नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने केंद्र और राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा उठाया उन्होंने इस प्रस्ताव के कई फायदे गिनाए बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित ैकिया कि देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं और उन्होंने सभी चुनावों के लिए समान मतदाता सूची का सुझाव दिया

श्रीमती राजे कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की शाषी परिषद की चौथी बैठक को सम्बोधित कर रही थीं

उन्होंने मांग की कि सुखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की वास्तविक संख्या और वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर मदद दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के क्षेत्र में जालौर जिले के सांचोर में किए जा रहे प्रयासों को अपनी रिपोर्ट में स्थान देने के लिए नीति आयोग को धन्यवाद दिया

इस दौरान वे तीन जगह जनसंवाद करेंगी श्रीमती राजे आज झालावाड़ जिले के उन्हेल में जन संवाद कर रही है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं

इस फिल्मोत्सव से भारत और यूरोपीय देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों में सुधार होगा

राज्य सरकार भी जोघपुर कोटा बीकानेर और झालावाड में इस साल के अंत तक मदर मिल्क बैंक खोलेगी ताकि नवजात को मॉ का दूध मिल सके और शिशु मृत्यु दर में कमी आ सके

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ये शिविर कालवाड़ नृसिंहपुरा चंदवाजी टोडाभाटा काठावाला हरसोली हिरनोदा नांगल मरड़ा मानोता भैंसलाना और जयसिंहपुरा में लगाये जा रहे है

बैठक में आगामी मानसून से पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है

जयपुर और सवाईमाधोपुर में आज जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के लिये बैठके आयोजित की जा रही है